केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय का कार्यमार संभाला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 दो और राज्य मंत्रियों जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय ने भी गृहमंत्रालय में प्रभार संभाला केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षामंत्री का कार्यभार संभाला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 उन्होंने देश के लिए बलिदान देने वाले बहादुर जवानों को श्रद्वांजलि दी एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा की मजबूती के लिए तत्पर हैं केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्यमार आज संभाल लिया बाबुल सुप्रियो ने भी इसी मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला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 केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों की आज दिल्ली में हई बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की फिर से नेता चुनी गयी हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने मतदाताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि संसद के आगामी अधिवेशन के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करेंगे केन्द्र में नवगठित एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसानों और व्यापारियों के कल्याण के लिए चार महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसका लाभ देश के समी किसानों को देने का फैसला किया इससे पहले दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा था नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद क्रषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि संशोधित योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खाते में एक वर्ष में तीन किस्तों में क्ल छह हजार रुपये की राशि अंतरित की जाती है

इस वर्ष का विषय है किसान और औपचारिक वैकिंग प्रणाली से उन्हें मिलने वाले फायदे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

उन्होंने उपभोक्ताओं की सभी समस्याओं का निराकरण उपकेन्द्र पर ही किये जाने के निर्देश दिये ऊर्जा मंत्री ने लखनऊ स्थित शक्ति भवन मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य वितरण कम्पनियों के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति राजस्व वसूली और उपमोक्ता सेवाओं के सरलीकरण के कार्यो की समीक्षा की विद्युत विभाग के टेंडरों में अनियमितता की शिकायतों पर ऊर्जा मंत्री ने इंजीनियरों के सगे संबंधियों को ठेका संबंधी काम नहीं देने के लिये नियम में परिवर्तन का भी निर्देश दिया श्री शर्मा ने सोशल मीडिया के साथ ही अन्य माध्यमों से मिल रही लोगों की शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेने का निर्देश दिया प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है गर्म पछुआ हवाओं ने लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है अधिकांश जिलों का तापमान चालिस डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आसमान में बादल छाये हुये हैं लेकिन यह बादल गर्मी से राहत नही दे पा रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का यह सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा